आयोग ने कहा पूरी प्रक्रिया में बरती गयी है पारदर्शिता विधान परिषद के तीन शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों का परिणाम घोषित

अन्य सीटों के लिए मतगणना जारी

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

पटना में संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री और जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा कि लोगों ने एनडीए को जनादेश दिया है और वह राज्य में सरकार बनाएगी उन्होंने कहा कि सभी चारों दल जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इन्सान पार्टी के नेता इस बैठक में नई सरकार के गठन पर चर्चा करेंगे

उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण की तारीख अभी तय नहीं हुई है और इस बारे में निर्णय बाद में किया जायेगा जदयू अध्यक्ष ने कल पटना में पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की वहीं हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने अपने चार नवनिर्वाचित सदस्यों के साथ श्री कुमार से मुलाकात कर उन्हें समर्थन का पत्र सौंपा बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री मांझी ने कहा कि पूर्व मूख्यमंत्री होने के नाते वे राज्य के नए मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे विकासशील इन्सान पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी ने भी नीतीश कुमार से मुलाकात की है गौरतलब है कि विकासशील इन्सान पार्टी और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा को विधानसभा चुनाव में चार चार सीटें मिली हैं कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों की आज पटना में बैठक बुलायी गयी है पार्टी प्रवक्ता राजेश राठौर ने बताया कि बैठक में वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के मूख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्क्रीनिंग कमिटी के अध्यक्ष अविनाश पांडेय भी शामिल होंगे उन्होंने बताया कि सभी नवनिर्वाचित विधायक पटना पहुंच गये हैं

उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में चूनाव परिणामों पर चर्चा होगी चुनाव आयोग ने राजद समेत अन्य विपक्षी दलों द्वारा मतगणना के दौरान लगाये जा रहे धांधली के आरोपों को सिरे से खारिज किया है मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि राज्य का मुख्य निर्वाचन कार्यालय सभी दलों की शिकायत का जबाव दे चुका है उन्होंने यह भी कहा कि आयोग राजनीतिक दलों की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया नहीं देता है इधर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास ने कहा कि राजद द्वारा मतगणना के दौरान लगाये जा रहे धांधली के आरोप पूरी तरह आधारहीन हैं

प्रदेश में आदर्श आचार संहिता समाप्त हो गया है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास द्वारा नवनिर्वाचित विधायकों की सूची राज्यपाल को सौंपे जाने को साथ आयोग द्वारा आचार संहिता समाप्त करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गयी

विधान परिषद के चार शिक्षक और चार स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सम्पन्न हुए चुनाव की मतगणना अब भी जारी है प्राप्त जानकारी के अनुसार तीन शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के परिणामों की घोषणा हो चुकी है पटना शिक्षक सीट पर भाजपा के नवल किशोर यादव को जीत मिली उन्होंने अपने निकटतम उम्मीदवार राजद के नारायण यादव को एक हजार दो सौ तिरसठ मतों के अंतर से पराजित किया वहीं दरभंगा शिक्षक क्षेत्र से कांग्रेस के मदन मोहन झा विजयी हुए हैं उन्होंने अपने निकटतम उम्मीदवार भाजपा के सुरेश राय को छह सौ नबासी मतों से पराजित किया तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से सीपीआई के संजय सिंह ने दूसरी बार जीत हासिल की है उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी निर्दलीय भूषण झा को पराजित किया वहीं सारण शिक्षक क्षेत्र से सीपीआई के केदार पांडेय निर्णायक बढ़त बनाये हुए हैं

अन्य सीटों के परिणाम आज शाम तक आने की संभावना है राज्य सरकार ने प्रदेशभर में एक दिसम्बर तक सामान्य पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है यह रोक सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों के अनुरूप लगायी गयी है आदेश में कहा गया है कि पटना गया और मुजफ्फरपुर में सभी प्रकार के पटाखे की बिक्री प्रतिबंधित है जबकि राज्य के अन्य हिस्सों में केवल हरित पटाखे ही बिकेंगे एक सौ पच्चीस डेसीबल से कम आवाज वाले पटाखों की बिक्री को ही अनूमति दी गयी है आतिशबाजी की समय सीमा भी तय की गयी है दीपावली और गुरू पर्व पर मान्य पटाखों का उपयोग रात आठ बजे से दस बजे के बीच होगा जबकि छठ पर्व पर सुबह छह बजे से आठ बजे तक ही लोग पटाखे छोड़ सकेंगे प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर छियानवे दशमलव छह छह प्रतिशत हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है अब तक दो लाख सत्रह हजार नौ सौ अंठावन मरीज ठीक हो चुके हैं इस समय छह हजार तीन सौ चौहत्तर मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर एक हजार एक सौ सड़सठ हो गयी है नई दिल्ली की डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल ने त्योहारों के मौसम में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए चार प्रमुख सुरक्षा उपाय अपनाने की अपील की उन्होंने अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोविड उन्नीस से संक्रमित होने की स्थिति में खुद को आम लोगों से अलग रखने की आवश्यकता पर बल दिया

क्योंकि अगर हम ये सावधानी नहीं बरतेंगे तो अपने घरवालों के अलावा दूसरों को भी कोरोना फैंला सकते हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग के एडिशनल प्रोफेसर डॉ पीयूष रंजन ने आकाशवाणी से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये जीवनशैली बदलना और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना आवश्यक है उन्होंने एक बार में एक सप्ताह तक प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने का दावा करने वाली औषधियों से सतर्क रहने की अपील की

संतुलित भोजन के रूप में करना होगा नियमित व्यायाम के रूप में करना होगा और ब्री आदतों जैसे कि सिगरेट शराब और दूसरी अन्य चीजों से दूरी बनाए रखना होगा और अभी जो बाजार में आप देखते हैं कि तमाम तरह के भ्रामक विज्ञापन आ रहे हैं जिसमें कि एक दिन दो दिन चार दिन पांच दिन इसमें आप कोई एक पर्टिक्लर दवा खा लें उसके बाद आपकी इम्प्रनिटी ठीक हो जाएगी तो ऐसे भ्रामक विज्ञापन से अपने आपको दूर रखें इम्प्रनिटी कोई ऐसी चौज नहीं है जिसमें आप एक दिन दो दिन कुछ खुराक दवा खा करके आप बना सकते हैं पटना एम्स में कोरोना के संभावित वैक्सीन को वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण सोलह नवम्बर से शुरू होगा एम्स की जनसंपर्क पदाधिकारी सुरभि ने बताया कि एम्स में टीके के दो चरणों का परीक्षण पूरा हो चुका है उन्होंने बताया कि वैक्सीन के परीक्षण में शामिल होने के इच्छुक लोग मोबाईल नम्बर नौ चार सात एक चार शून्य आठ आठ तीन दो पर संपर्क कर निबंधन करा सकते हैं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने बिहार सहित छह राज्यों के चिन्हित एक सौ सोलह जिलों के तीन लाख प्रवासी श्रमिकों के लिए कौशल प्रशिक्षण श्रू कर दिया है इस पहल का उद्देश्य मांग आधारित कौशल के जरिए कोविड के बाद के समय में प्रवासी कामगारों और ग्रामीण आबादी को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री डॉक्टर महेन्द्र नाथ पांडेय ने कहा कि कौशल संवर्धन के माध्यम से ग्रामीण विकास स्किल इंडिया मिशन का आधारभूत तत्व है क्योंकि सत्तर प्रतिशत कार्यबल ग्रामीण भारत से ही आता है राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने नालंदा खुला विश्वविद्यालय पटना के कुलपति प्रोफेसर एच एन प्रसाद का त्याग पत्र स्वीकार कर लिया है बी आर ए बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडेय को नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है मुजफ्फरपुर के मुसहरी में लूटपाट के लिए इकट्ठा हुए अपराधियों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में दो अपराधी घायल हो गये दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है इनके पास से कई हथियार भी बरामद किये गये हैं पटना के फतुहा के नदी थाना क्षेत्र के सबलपुर के पास जूआ खेलने के विवाद में तीन लोगों की हत्या कर दी गयी पुलिस मामले की जांच कर रही है पूर्वी चंपारण जिले के पीपराकोठी थाना क्षेत्र के हरपुर चंवर में मछली मार रहे तीन युवकों की करंट लगाने से मौत हो गयी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

दैनिक जागरण ने इसी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है जदयू विधायकों से मिले मुख्यमंत्री कहा एनडीए की आज होने वाली बैठक में तय होगी शपथ की तारीख दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है केन्द्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत दो दशमलव छह पांच लाख करोड़ रूपये के राहत पैकेज की घोषणा की प्रभात खबर ने लिखा है चौतरफा धिरी कांग्रेस तारिक और दीपंकर ने खड़े किये सवाल दैनिक आज की सुर्खी है तेजस्वी बने महागठबंधन विधायक दल के नेता राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है बॉलीवुड अभिनेता आसिफ बसरा ने की खुदकुशी और अब अंत में मुख्य समाचार एनडीए की आज पटना में हो रही है बैठक

आयोग ने कहा पूरी प्रक्रिया में बरती गयी है पारदर्शिता विधान परिषद के तीन शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों का परिणाम घोषित

अन्य सीटों के लिए मतगणना जारी